होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना मरीजों को आइसोलेशन अवधि पूरी होने के बाद खुद के खर्च पर करानी होगी जांच झामुमो प्रमुख शिब्र सोरेन की कोरोना जांच रिपोर्ट आई निगेटिव अस्पताल से मिली छुट्टी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा वर्ष दो हजार चौबीस तक राज्य के सभी घरों तक पेयजल की आपूर्ति होगी सुनिश्चित

कल जमशेदपुर में पांच लोगों की मौत कोरोना से हुई इसके अलावा रांची में एक दुमका में एक और कोडरमा के दो लोगों की जान गई

होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना मरीजों को आइसोलेशन अवधि पूरी होने के बाद खुद के खर्च पर जांच करानी होगी ऐसे लोगों का सैंपल लेने के लिए जिला प्रशासन की ओर से घर पर मेडिकल टीम नहीं भेजी जाएगी कोरोना की रोकथाम के लिए गठित कोषांगों की बैठक में उपायुक्त छवि रंजन ने यह निर्देश दिया है उन्होंने सभी इंसीडेंट कमांडरों से कहा कि होम आइसोलेशन के लिए आवेदन करने वाले संक्रमित मरीजों से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाकर स्पष्ट करें कि वह अपनी जांच खूद कराएंगे होम आइसोलेशन के बाद अगर कोई मरीज अपने खर्च पर कोरोना टेस्ट कराने में सक्षम नहीं हैं तो उन्हें प्रशासन की ओर से संचालित कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल या कोविड केयर सेंटर में भर्ती होना होगा उन्होंने कहा कि डॉक्टर समय समय पर होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के स्वास्थ्य की जांच करें सिविल सर्जन इसकी मॉनिटरिंग करेंगे

एक दिन में ठीक होने वालों की यह अब तक की सबसे अधिक संख्या है

ठीक हुए लोगों की संख्या सक्रिय मामलों से लगभग तीन दशमलव सात गुना अधिक है मंत्रालय ने कहा है कि पिछले दो महीनों में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या चार गुनी हो गई है टेस्टा ट्रैक और ट्रीट की नीति से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढी है और मृत्यु दर कम हई है इस समय देश में कोविड से होने वाली मृत्यु दर एक दशमलव सात दो प्रतिशत है

इन जिलों में झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला पश्चिम बंगाल के कोलकाता हावड़ा उत्तरी चौबीस परगना और दक्षिणी चौबीस परगना जिले महाराष्ट्र के पुणे नागपुर ठाणे मुंबई और मुंबई उपनगर कोल्हापुर सांगली नाशिक अहमदनगर रायगढ़ जलगांव शोलापुर सतारा पालघर औरंगाबाद धुले और नांदेड जिले गृजरात का सुरत जिला पद्दचेरी जिला और दिल्ली के सभी ग्याारह जिले शामिल हैं श्री भूषण ने बैठक में कहा कि कोरोना की संक्रमण श्रंखला को तोड़ने के लिए अन्य बीमारियों से पहले से ही ग्रस्त लोगों और बुजुर्गों पर अधिक ध्याान देने की आवश्यकता है उन्होंने स्वास्थ्य सचिवों को सलाह दी कि वे संक्रमित क्षेत्रों में रोकथाम के उपाय तेज करें और जांच बढ़ाएं ताकि पॉजिटिव मामलों की दर पांच प्रतिशत से कम रखी जा सके श्री भूषण ने स्वास्थ्य सचिवों के साथ अगले एक महीने की कार्ययोजना पर भी चर्चा की राज्यों को सलाह दी गई कि वे संक्रमण रोकथाम के उपायों और परस्पर दूरी बनाए रखने संबंधी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन कराए घरों में पृथकवास में रह रहे रोगियों पर नजर बनाए रखने और आवश्यक होने पर उन्हें अस्पताल में जल्द भर्ती कराने की भी सलाह दी गई है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

उनके स्वास्थ्य में भी पहले से काफी सुधार है मेदांता गुरुग्राम में भर्ती शिब् सोरेन को आज अस्पताल से छटटी दे दी गई

तीन महीने पहले शिब् सोरेन राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं स्वास्थ्य कारणों के चलते वे राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने दिल्ली नहीं जा पाए थे राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाक्र ने राज्य में योजनाओं के क्रियान्वयन में देर होने पर सख्त रवैया अपनाने की बात कही है श्री ठाक्र ने आज चाईबासा में कहा कि राज्य में चलायी जा रही सभी योजनाओं की प्रगति काफी धीमी है उन्होंने कहा कि इन योजनाओं को प्ररा कराने के लिए अधीक्षण अभियंता से लेकर कनीय अभियंताओं को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रकार की कोताही देखी गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी मंत्री श्री ठाकर ने कहा है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में यदि किसी अन्य विभाग से अनापत्ति को लेकर कोई समस्या आती है तो उसका निराकरण भी जल्द कराया जाएगा श्री ठाक्र ने कहा है कि वर्ष दो हजार चौबीस तक राज्य के सभी घरों तक पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केशवानंद भारती के निधन पर दुख व्याक्त किया है एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश सामुदायिक सेवा और उपेक्षित लोगों को अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में केशवानंद भारती के योगदान को हमेशा याद रखेगा श्री मोदी ने कहा है कि केशवानंद भारती का भारत की समृद्ध संस्कृति और महान संविधान के साथ गहरा लगाव था प्रधानमंत्री ने कहा है कि केशवानंद भारती आने वाली पीढियों को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे इधर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी एडनीर मठ के संत केशवानंद भारती के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके व्यक्तित्व में दर्शन संगीत और संस्कृति का दुर्लभ संयोग देखने को मिलता है एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि केशवानंद भारती ने जिस तरह से यक्षगान की परंपरा को संरक्षण दिया उससे कर्नाटक के इस पारंपरिक रंगमंच को पुनर्जीवित करने में बड़ी मदद मिली श्री नायड् ने कहा कि केशवानंद भारती को उच्चतम न्यायालय के उस ऐतिहासिक फैसले में उनकी भूमिका के लिए सबसे अधिक जाना जाता है जिसमें कहा गया था कि संविधान के बुनियादी ढांचे को बदला नहीं जा सकता उनासी वर्षीय संत केशवानंद भारती का केरल के कासरगोर्ड में लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया

ये क्षेत्र हैं संकट के समय शैक्षिक निरंतरता बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बैठक में कहा कि भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयास जारी रहेंगे और कोरोना संकट से उत्पन्न चुनौती को कम किया जाएगा

बैठक के बाद शिक्षा मंत्रियों ने एक संकल्प पत्र जारी किया इसमें द्रस्थ और मिश्रित शिक्षा तथा शिक्षकों डिजिटल ढांचे और पाठ्य सामग्री के पेशेवर विकास पर जोर दिया गया है संकल्प पत्र में शैक्षिक परिणामों के आकलन के लिए अनुसंधान और डेटा के महत्व को भी स्वीकार किया गया है सरकार ने अगरबत्ती उद्योग में भारत को आत्म निर्भर बनाने के लिए इस उद्योग में लगे कारीगरों तक पहुंच और प्रोत्सोहन बढ़ाया है सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई ने कहा है कि सरकार प्रशिक्षण कच्चे माल विपणन और वित्तीय सहायता के माध्यम से कारीगरों को लगातार प्रोत्साहन दे रही है

इससे लगभग डेढ हजार कारीगरों को बढ़ी हुई आमदनी के साथ रोजगार मिल सकेगा हाथ से अगरबत्ती बनाने वालों और प्रवासी श्रमिकों को आत्मानिर्भर भारत अभियान में प्राथमिकता दी जाएगी

झारखंड बिहार में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले कोढ़ा अपराधी गैंग के तीन सदस्यों को आज पुलिस ने हजारीबाग के बरही से गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधी के पास से लुटे गए रुपये मोबाइल मास्टर चाभी और एक मोटरसाईकिल बरामद की गई है ये सभी अपराधी बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले हैं रामगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रभात क्मार ने हमारे संवाददाता को बताया है कि यह कोढ़ा गैंग पिछले दो ढ़ाई महीने से जिले में सक्रिय था जिले में लूटपाट और छिनतई की कई घटनाओं को ये लोग अंजाम दे चुके हैं

पहला मैच पिछली बार के चैम्पियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा

आईपीएल के इतिहास में पहली बार फाइनल रविवार की बजाय मंगलवार को रखा गया है

प्लेऑफ और फाइनल का वेन्यू बाद में घोषित किया जाएगा

संक्षिप्त खबरें कोडरमा के न्यायालय परिसर में आज से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी की अगुवाई में न्यायालय कर्मियों ने विशेष अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया और न्यायालय परिसर में फैली गंदगी को साफ किया खुंटी जिले के मुरह थाना क्षेत्र में चोरों ने सत्तर हजार रुपये नगद समेत चांदी के गहनों की चोरी की है मुरहू के सौदागर शर्मा ने ठेले में गोलगप्पे बेचकर अपनी कैंसर पीड़ित पत्नी के इलाज के लिए ये रकम जमा की थी परमवीर चक्र से सम्मानित नेपाली मुल के भारतीय मेजर धन सिंह थापा की आज पुण्य तिथि है

मेजर थापा गोरखा राइफल्स से बतौर मेजर इस लड़ाई में शामिल हुए मेजर थापा ने लम्बे समय तक चीन के पास युद्धबन्दी के रूप में यातना झेली देश लौटकर सेना में आने के बाद मेजर थापा अंततः लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुँचे